स्वास्थ्य मंत्री स्वास्थ्य मंत्री डाक्टर हर्षवर्धन ने सभी राज्यों से नोवेल कोरोना वायरस पर उच्च स्तर पर निगरानी बनाए रखने की अपील की है उन्होंने कल नई दिल्ली में अधिकारियों के साथ बैठक में इस वायरस से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि हालांकि देश में इस वायरस से संक्रमण के किसी नए मामले की जानकारी नहीं मिलीं है इधर केंद्र सरकार ने कहा है कि चीन के वुहान से वापस लाए गए सभी भारतीय नोवेल कोरोना वायरस यानि कोविड उन्नीस के संक्रमण से मुक्त पाए गए हैं और उन्हें निगरानी कैंपों से वापस उनके घर भेज दिया गया है चौतीस राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के सामुदायिक निगरानी केंद्रों में इस समय इक्कीस हजार से अधिक लोगों को इस संक्रमण की जांच के लिए रखा गया है मन की बात प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रविवार की सुबह ग्यारह बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे

इसका आकाशवाणी तथा दूरदर्शन समाचार प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के यू टयूब चैनलों पर सीधा प्रसारण किया जाएगा हिन्दी प्रसारण के तुरंत बाद इसका आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में प्रसारण होगा प्रादेशिक भाषाओं में रात आठ बजे इसे दोबारा सुना जा सकता है सरकारी जमीन राज्य सरकार ने सभी जिले के उपायुक्तों को सभी तरह की सरकारी जमीनों को एक माह के अंदर अतिक्रमण मुक्त कराने का निर्देष दिया है राजस्व एवं भ्रमि सुधार विभाग के सचिव केके सोन ने सभी उपायुक्तों को कहा है कि अतिक्रमण की गई सरकारी जमीनों की पहचान कर उसमें बोर्ड या षिलापट्ट लगाए जाएं इसमें जमीन से संबंधित पूरी जानकारी हो ताकि उसे अतिक्रमण से रोका जा सके उन्होंने यह भी कहा है कि सरकारी जमीन और उसमें किए गए अतिक्रमण का पूरा आंकड़ा भी विभाग को उपलब्ध कराए ताकि उस जमीन से संबंधित दस्तावेज को तैयार किया जा सके स्पेषल स्टोरी लोहरदगा लोहरदगा जिले में पंचायतों में आयोजित किए जा रहे सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत जिला प्रषासन की टीम लोगों की समस्याओं की जानकारी लेने के साथ उसका समाधान भी कर रही है

झारखंड संयुक्त प्रवेष प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है पर्षद के परीक्षा नियंत्रक ने बताया कि सभी दिव्यांग विद्यार्थियों को इसके लिए दिव्यांगता प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से देना होगा उन्होंने बताया कि बीएड प्रवेष परीक्षा के लिए पच्चीस फरवरी से इकतीस मार्च तक आवेदन किए जा सकेंगे इसके तहत सामान्य अभ्यर्थियों के लिए एक हजार रुपए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और सभी श्रेणी की महिला अभ्यर्थियों के लिए पांच सौ रुपए और पिछड़ा वर्ग एक तथा दो के लिए सात सौ पचास रुपए आवेदन शुल्क निर्धारित किये गये है बैठक हजारीबाग जिले के एनटीपीसी केरेडारी कोयला खनन परियोजना द्वारा ग्राम पांडु में रैयतों के साथ बैठक की गई परियोजना महाप्रबंधक एस के सिन्हा ने ग्रामीणों द्वारा सौंपे गए मांग पत्र पर कहा कि एनटीपीसी नियमानुसार अधिक से अधिक ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान का काम करेगी विस्थापन के लाभ हेतु अधिकतम आयु के लिए कट आफ की तारीख में बदलाव के संदर्भ में उन्होंने कहा कि यह ग्रामीणों के आग्रह पर ही तय किया गया है ऐसे में अब इसमें बदलाव संभव नहीं है उन्होंने ग्रामीणों से सहयोग करने का आग्रह किया ताकि खनन कार्य जल्द प्रारंभ किया जा सके

जबकि दो दर्जन के लगभग यात्री घायल हैं इनमें गंभीर रूप से घायल यात्रियों को बेहतर इलाज के लिए राजधानी रांची के रिम्स में भर्ती कराया गया है यह सड़क हादसा उस वक्त हुआ जब तेज गति से जा रही यात्री बस ओवरटेक करने की वजह से अनियंत्रित होकर ट्रक से जा टकराई इस हादसे की जानकारी मिलने के बाद केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने रिम्स पहुंच कर घायलों का हाल जाना और चिकित्सको को उनका बेहतर इलाज करने के निर्देष दिये इधर गुमला जिले के रायडीह थाना क्षेत्र स्थित माझा टोली गांव के समीप कल देर शाम एक मोटरसाइकिल और स्कॉर्पियों के बीच टक्कर में एकयुवक की मौत हो गई जबकि दुसरा गंभीर रूप से घायल है

पुलिस अधीक्षक अंजनी कुमार झा ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि भाकपा माओवादियों के नाम एक पर्चा मिला है जिसमें उन्होंने इस घटना की जिम्मेदारी ली है फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है टेस्ट क्रिकेट वेलिंगटन में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन आज भारत की पूरी टीम एक सौ पैसठ रनों पर आउट हो गई इससे पहले कल पांच विंकेट पर एक सौ बाइस रनों से आगे खेलने उतरी भारतीय टीम आज अपने स्कोर में तैतालीस रन ही जोड़ सकी भारत के लिए अजिंक्य रहाणे ने छियालीस और मोहम्मद समी ने इक्कीस रन बनाए

महिला क्रिकेट आईसीसी महिला ट्वेंटी ट्वेंटी क्रिकेट विश्वकप में भारत ने शानदार जीत के साथ शुरुआत की है कल सिडनी में खेले गए उदघाटन मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को सत्रह रन से हरा दिया है भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित ओवरों में चार विकेट खोकर एक सौ बत्तीस रन बनाए भारत के लिए दीप्ति शर्मा ने नाबाद उनचास सैफाली वर्मा ने उनतीस और रोद्रिग्ज ने छब्बीस रन की पारी खेली इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी मेजबान ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम एक सौ पंद्रह रनों पर सिमट गई भारत के लिए पुनम यादव ने चार और षिखा पांडेय ने तीन विकेट लिये भारत की पुनम यादव को प्लेयर ऑफ दे मैच घोषित किया गया भारत का अगला मुकाबला चौबीस फरवरी को बांग्लादेष से होगा

रांची जिले में अठारह परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं जहां लगभग दस हजार पांच सौ विद्यार्थी परीक्षा देंगे

इसमें मुख्य सूचना आयुक्त के पद के लिए तिरेसठ आवेदन मिले हैं

इससे पहले इम्पैनल एजेंसियों की सूची रद्द कर दी गई है

इस मामले में वाहन के चालक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है